ये सभी मकान कोविड महामारी की चुनौती के दौरान बनाए गए हैं श्री मोदी इन नए मकानों में परिवारों के गृह प्रवेश संबंधी आयोजन में भी भाग लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री सीधी सिंगरौली और ग्वालियर के हितग्राहियों से बात भी करेंगे

उन्हें उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी पात्रतानुसार उपलब्ध कराये गये हैं प्रधानमंत्री खंडवा में भी योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करायेगें

इस दौरान क्रषि मंत्री कमल पटेल ने दल को अतिवृष्टि और बाढ़ के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाए गये राहत कार्यों से अवगत कराया

उन्होंने केन्द्रीय दल से प्रदेश को विशेष राहत पैकेज दिए जाने की मांग की जेईई परिणाम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स के महज़ चौथे दिन ही इसका परिणाम घोषित कर दिया है जेईई एडवांस्ड परीक्षा इस महीने की दो और छह तारीख को आयोजित की गई थी इसमें चौबीस उम्मीदवारों ने शत प्रतिशत अंक हासिल किए हैं इनमें सबसे अधिक विद्यार्थी तेलंगाना से हैं कोरोना संकट के कारण जेईई मेन्स की परीक्षा दो बार टाल दी गई थी

उन्होंने कहा कि अगले तीन साल के भीतर दतिया की तरह डबरा को भी विकास में अग्रणी बनाया जाएगा श्री चौहान कल शाम ग्वालियर जिले के डबरा में आयोजित ऐ समारोह को संबोधित कर रहे थे

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही गृह मंत्री डॉनरोत्तम मिश्रा और महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी मौजूद थी मुख्यमंत्री आज मुरैना में कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे

इसके लिए कल आदेश जारी कर दिये गये

इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित अनुमति भी देनी होगी

जनभागीदारी से रहवासियों से घर की अनुपयोगी वस्तुओं के माध्यम से बैकलाइन का सौंदर्यीकरण किया गया है पुराने टायरों का उपयोग कर उनके गमले बनाकर उनमें पौधे लगाए गए हैं

इस प्रयोग के सफल होने के बाद इसे षहर की अन्य कॉलोनियों भी लागू किया जाएगा

इस दौरान महिलाओं को पोषण आहार के महत्व की जानकारी दी गई